राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है पिछले चौबीस घंटे के दौरान दो सौ इक्यानबे नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं जबकि चार संक्रमितों की मौत के अलावा चौसठ मरीजों को उपचार के बाद कोविड अस्पतालों से छट्टी दे दी गई नए मरीजों में सबसे ज्यादा रांची से साठ चतरा से संतावन साहेबगंज से बयालीस गढ़वा से तेईस और लातेहार से तीस लोग शामिल हैं इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम गोड्डा हजारीबाग और रामगढ़ में एक एक कोरोना मरीज के मौत की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की हैं इस तरह राज्य में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर पांच हजार छियान्बे हो गई है इसमें दो हजार चार सौ तिहतर सक्रिय मामले हैं जबकि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या दो हजार पांच सौ सतहतर और मृतकों की संख्या छियालीस है वहीं कोरोना के मामलों में बढ़ोत्तरी होने से संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर घटकर पचास दशमलव पांच छह प्रतिशत और मौत की दर बढ़कर शून्य दशमलव नौ शून्य प्रतिशत हो गई है दूसरे राज्यों से झारखंड आनेवाले सभी लोगों को अब अपनी व्यक्तिगत जानकारी राज्य सरकार की वेबसाइट पर देनी होगी गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए नए गाइडलाइन जारी किए हैं यह बीस जुलाई से प्रभावी होगा इसके तहत झारखंड आनेवाले सभी लोगों को अब चौदह दिनों के लिए होम क्वारेंटीन में रहना अनिवार्य होगा इसका उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी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

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में अधिकारियों को इसके लिए नीति बनाने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि कारागारों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बंदियों के अपराध की प्रकृति की सूची बनाई जाएगी और उसके अनुसार उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल से रिहा होने के पहले बंदियों का मनोचिकित्सक से काउंसिलंग कराने की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी श्री सोरेन ने यह भी कहा कि जघन्य अपराधों को छोड़कर अन्य बंदियों के अपराध की प्रकृति आचरण उम्र कारा में व्यतीय वर्ष और उनकी आपराधिक मानसिकता के साथ उनके परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी जुटाने का निर्देश अधिकारियों को दिया

सीबीडीटी ने कहा है कि इस दौरान उन्नीस लाख आयकर दाताओं के मामले निपटाते हुए चौबीस हजार छह सौ तीन करोड रुपये का रिफंड जारी हुआ इसके अलावा छियालीस हजार छह सौ नब्बे करोड़ रुपये का रिफंड निगमित क्षेत्र को जारी किया गया इसमें यह भी कहा गया है कि सरकार ने आयकर दाताओं को बिना किसी परेशानी के आयकर संबंधित सेवाओं की पूर्ति के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एन पी एस के खाता धारकों की संख्या चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में तीस प्रतिशत बढ गई वित्त मंत्रालय के अनुसार इस दौरान निजी क्षेत्र के एक लाख तीन हजार लोगों ने यह योजना ली

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सुप्रतिम बंदोपाध्याय ने कहा है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना निगमित कर्मचारियों में काफी लोकप्रिय हुई है लातेहार जिले में प्रवासियों को रोजगार देने के लिए प्रत्येक पंचायतों में पच्चीस पच्चीस योजना शुरू करने का निर्देश दिया गया है

शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने परीक्षा परिणाम जारी किया इस बार कला में बिरासी दशमलव पांच तीन वाणिज्य में सतहतर दशमलव तीन सात और विज्ञान में अंठावन दशमलव नौ नौ प्रतिशत विद्यार्थी सफल रहे हैं वहीं कला में सिमडेगा वाणिज्य में लोहरदगा और विज्ञान में हजारीबाग का सबसे बेहतर रिजल्ट रहा है कला में जमशेदपुर वीमेंस कालेज की छात्रा नंदिता हरिपाल वाणिज्य में सेंट जेवियर्स कालेज रांची के शुभम कुमार ठाकुर और विज्ञान में गिरिडीह के सरिया स्थित प्लस दू एसआरएसआर उच्च विद्यालय के छात्र अमित कुमार स्टेट टापर बने हैं मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने सभी सफल विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जो परीक्षार्थी उतीर्ण नहीं हो सके हैं वे परेशान नहीं हो मेहतन करें सफलता आपको जरुर मिलेगी इस बार इंटरमीडिएट के तीनों संकायों में लगभग दो लाख चौतीस हजार विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत नई योजनाओं को शुरू करने पर रोक लगाने का आदेश दिया है हालांकि पहले से चल रही योजनाओं का कार्य जारी रहेगा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की भौतिक उपलब्धियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में विभिन्न जिलों में चल रही योजनाओं और प्रस्तावित योजनाओं की पूरी रिपोर्ट देने को कहा है गिरिडीह जिले में शौचालयों के निर्माण समय सीमा के अंदर पूरा करने और प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं

यह मेल विदेशी सर्वर के माध्यम से मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का की मेल आईडी पर भेजा गया है इसके उपरांत मुख्यमंत्री और अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है विशेष ब्रांच की टीम ने इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है पुलिस प्रवक्ता सुमन गुप्ता ने बताया कि सीआईडी टेक्निकल सेल और साइबर सेल इसकी जांच कर रही है रांची विश्वविद्यालय अपने शिक्षकों और विद्यार्थियों का स्वास्थ्य बीमा कराएगी इसके लिए विश्वविद्यालय और एक इंश्योरेंस कंपनी के बीच एमओयू हुआ है इस योजना के तहत चालू सत्र के विद्यार्थियों का पचास हजार रुपए का स्वास्थय बीमा होगा विद्यार्थियों के बीमा की प्रीमियम राशि विश्वविद्यालय वहन करेगी इस योजना से विश्वविद्यालय के चालीस हजार विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा वहीं विश्वविद्यालय के शिक्षकों पदाधिकारियों और कर्मचारियों का चार लाख रुपए का सामुहिक स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा

पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने डाढ़ा पकरिया इलाके में अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त कर हजारों लीटर अवैध देशी शराब नष्ट किया

पोड़ैयाहाट थाना के द्रोपद गांव के एक व्यक्ति की कुएं में डूब जाने से मौत हो गई

हिंदुस्तान ने अपने पहल पन्ने पर इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम और कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामले की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है इसके साथ मुख्यमंत्री और उनके परिजनों तथा करीबी अधिकारियों को मेल के जरिए जान से मारने की धमकी की खबर भी पहले पन्ने पर है मां दूसरे के घरों में बर्तन मांजती है ट्यूशन देकर नंदिता बनी स्टेट टॉपर शीर्षक से झारखंड इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम की खबर को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है इसके साथ आईआईटी में नामांकन के लिए अंकों में दी जानेवाली छूट की खबर को भी इस अंखबार ने पहले पन्ने पर जगह दी है वहीं प्रभात खबर ने इंटरमीडिएट के नतीजों और मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है वहीं राजस्थान में सत्ता को लेकर विधायक की खरीद फरोख्त के मामले पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया की खबर भी पहले पन्ने पर छापी है दैनिक जागरण और रांची एक्सप्रेस ने झारखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पांच हजार से ज्यादा होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है इसके साथ बारहवीं के नतीजों और मुख्यमंत्री को मिली हत्या की धमकी की खबर भी पहले पन्ने पर है राज्य से प्रकाशित अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने राजस्थान में सत्ता को लेकर बढ़ी राजनीति की खबर और भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के लेह दौरे को को प्रमुखता से प्रकाशित किया है